प्रधानमंत्री एक सौ दस मेगावाट के पारे जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए चार सौ पाच मेगावाट की रंगा नदी जल विद्युत परियोजना को कार्यरत रहना जरुरी है नेपको द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय उर्जा सचिव के निर्देश के बाद शटडाउन के प्रस्ताव को स्थगित किया गया है गौरतलव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आठ फरवरी से दो दिनो के लिए पूर्वोत्तर राज्यो के दौरे पर रहेंगे श्री मोदी आठ फरवरी को असम और नौ फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे

उन्होंने कहा कि जनता को समझना चाहिए कि केंद्र सरकार इस परियोजना में विलंब के लिए जिम्मेदार नही है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार बारह में मानदण्डो का पालन किये बिना कार्य आवंटित किया गया था उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सड़क परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर रही है

मैथिली कवि और संस्कृत भाषा के लेखक महाकवि विद्यापति के जीवन और कार्यो पर आधारित विद्यापति पर्व समारोह का उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच साहित्य और उनके आदर्शो से परिचित कराना है अपने संबोधन में राज्यपाल ने इंडिजिनश भाषाओ को बढ़ावा देने में महाकवि विद्यापति की योगदान को याद करते हुए लोगो से अपनी संमृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पंरम्पराओ से जुड़े रहने की अपील की

ईटानगर में निजी विद्यालयो के प्रधानाचार्य के साथ बातचीत में शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा दो तक के छात्रो को गृह कार्य नही दिया जाना चाहिए और स्कूल बैग का वजन बच्चे का वजन का दस प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए ऑल अरुणाचल प्रदेश प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य निजी विद्यालयो में स्वास्थ्य मानदण्डो की समीक्षा और नये स्वास्थ्य और स्वच्छता मापदण्ड का निर्धारण करना था

अपने संबोधन में मामांग दाई ने कहा कि त्यौहारो का उद्देश्य अपने पूर्वजो और बुजुर्गो को सम्मान देना है उन्होंने कहा कि संस्कृति के संरक्षण में महिलाओ की भूमिका प्रमुख रुप से होती है

ईटानगर में आयोजित उत्सव समारोह में वन और पर्यावरण मंत्री नावम रिबिया ने आधुनिकता के बावजूद युवाओ से जनजातिय कला और संस्कृति को जीवन्त रखने की अपील की इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेसी कासो ने सोलुंग मोपिन ग्राउण्ड तक सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का आश्वासन दिया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्चिनी कुमार चौवे ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी सरकार ने दो हजार बाईस तक ऐसे डेढ़ लाख केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है श्री चौवे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को उनकी चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है

आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार